केन्द्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए गठित आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाया

मतदान समाप्ति के तुरंत बाद दोनों पदों के लिए मतगणना का कार्य चल रहा है और कुछ देर बाद नतीजे घोषित होना शुरु हो जायेंगे

सुबह आठ बजे मतदान शुरू होने के बाद से दिनभर मतदान केन्द्रो पर मतदाताओं की लम्बी कतारें देखी गईं

उपसरपंच का चुनाव कल कराया जायेगा

श्री गहलोत ने आज जयपुर में नाबार्ड की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय ऋण संगोष्ठी में कहा कि वर्तमान आर्थिक हालातों को देखते हुए अर्थव्यवस्था में सुधार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए उन्होंने कहा कि कृषि पशुपालन डेयरी हस्तेशिल्प जल संरक्षण ग्रामीण विकास और स्वरोजगार सहित अन्य क्षेत्रों में अपार संभावनाएं मौजूद हैं नाबार्ड सहित अन्य बैंकिंग संस्थाएं इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाकर प्रदेश के विकास में अहा भूमिका निभा सकते हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों के विकास के लिए नीति बनाई है

मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केन्द्र का पक्ष सुने बंगैर अधिनियम पर रोक को मंजूरी नहीं दी जा सकती शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार से इस कानून को चूनौती देने वाली याचिकाओं पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है न्यायालय ने कहा है कि इस मामले को सुनने के लिए वह एक बड़ी संविधान पीठ का गठन करेगा

कुछ याचिकाओं में शीर्ष न्यायालय से इस कानून पर अमल को रोकने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की कार्यवाही कुछ समय तक टालने की मांग की गई है

इस कार्यक्रम के पांचवें दिन आज केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रीनगर शहर में लाल चौक के बीचों बीच स्थानीय लोगों से मुलाकात की

उन्होंने कहा कि इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र में लोगों की संक्रिय भागीदारी के साथ परिवर्तन का एक मजबूत वातावरण बनाना है

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज नई दिल्ली में हई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है

ये प्रस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष दिये जाते हैं

इसी तरह जिले के छावसरी के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ने भी प्रदेश में पहले स्थान पर रहकर दो लाख रुपये का पुरस्कार जीता है कायाकल्प योजना में प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय को दूसरा स्थान मिला है